मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आबकारी व कराधान विभाग को जीएसटी एकत्रीकरण और कर चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल धर्मशाला में करेंगे स्थिति की समीक्षा शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्कीपार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर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

हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश ने पिछले एक साल के दौरान कोविड महामारी का मजबृती से मुकाबला किया है इसी कारण देशमर में इस महामारी के मामलों में लगातार कमी हो रही है

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आबकारी व काराधान विभाग को जीएसटी एकत्रीकरण और कर चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य के लिए अधिकतम संसाधन जूटाए जा सके मुख्यमंत्री आज शिमला में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कर चोरी का पता लगाने के लिए विमागीय प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंन आश्वासन दिया कि विभाग को सुदृढ़ और सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा वीरभद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेशवासियों से पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद बीडीसी नगर पंचायत और नगर परिषदों के चुनाव में साफ सुथरी छवी वाले लोगों को चुनने का आहवान किया है वीरमद्र सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए वीरभद्र सिंह ने मतदाताओं से विकास की सोच रखने वाले उम्मीदवारों को चुनने और आपसी सोहार्द तोड़ने वालों से सावधान रहने को कहा है उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों को इन क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश का चहूंमुखी विकास किया है यही कारण है कि आज हिमाचल पहाड़ी राज्यों में विकास में अग्रणी मॉडल के रूप में जाना जाता है सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि पालमपुर को नगर निगम बनाने से इस क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी आएगी

भारद्वाज आज नगर निगम पालमपुर की संरचानात्मक और प्रशासनिक रूपरेखा व निगम के संचालन की अन्य जरूरतों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के शिमला व कुल्लू दो शहर अमी अम्रत मिशन में शामिल है तथा मिशन के दसरे चरण में प्रदेश के सभी निगम क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि विकास को गति मिल सके शपथ न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया उन्हें मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एलनारायण स्वामी ने प्रदेश उच्च न्यायालय में आयोजित एक सादे समारोह में पद की शपथ दिलाई इससे पहले न्यायमूर्ति रवि मलिमठ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे इस मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश भी उपस्थित थे कोरोना महामारी के चलते सीमित संख्या में ही लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज दूरमाष के माध्यम से भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का कूशलक्षेम जाना

शांता कुमार ने इस दौरान प्रदेशवासियों से अत्याधिक एहतियात बरतने और वैक्सीन आने तक कोरोना को इसे हल्के में न लेने की अपील की बर्ड फ्लू मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बर्ड फ्लू एविएन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और इस फ्लू पर नजदीक से नजर रखी जा रही है

इस क्षेत्र में इन्सानों और जानवरों के ँजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है उन्होंने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो राज्य की अन्य झीलों में भी पक्षियों पर निगरानी कड़ी की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कल कांगड़ा जिला के दौरे पर जा रहे है और धर्मशाला में समीक्षा बैठक में स्थिति का जायजा लेंगे

पशु पालन विभाग के उपनिदेशन भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि जिले में बर्ड फ्लू को लेकर विभाग हाई अर्ल्ट पर हैं उधर सिरमौर के उपायुक्त आरके परूथी ने भी जिलावासियों को बर्ड फ्लू को मद्देनजर सतर्क रहने को कहा है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल को भारत में पर्यटकों का पसंदीदा गणंतव्य बनाने के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि प्रदेश को पर्यटन मित्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाए प्रदान करने के हरसंमव प्रयास किए जाएंगे मुख्यमंत्री शिमला में प्रदेश सरकार और नागसंन्ज डेवेलपर के मध्य क्फरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि परियोजना प्रमोटरों को प्रदेश में देश का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देगी मौसम प्रदेश में हई भारी बर्फबारी का दौर थमते ही मनाली केलंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए सड़क से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर आरंभ हो गया है सीमा सड़क संगठन के एक प्रवक्ता ने बताया कि अटल टनल रोहतांग के दोनों ओर बर्फ हटाने का काम आरंभ किया गया है और इस कार्य के आज रात तक प्रा कर लिए जाने की उम्मीद है लाहौल स्पीति के उपायक्त पंकज राय ने भी लोक निर्माण विभाग को जिले के समी हेलीपेड तक सड़कों से बर्फ हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात रिथिति में यहां तक पहुंचा जा सके

मौसम विमाग ने आने वाले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है